प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए नई तकनीक अपनाने की जरूरत पर दिया बल

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचन्द चौधरी ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार ध्रमल सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे शपथ समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सबको साथ लेकर विकास की गति को आगे बढ़ाने की दिशा में वे प्रयासरत्त रहेंगे उन्होंने कहा कि दक्षिण को उत्तर भारत से जोड़ने में पर्यटन की अहम भूमिका हो सकती है ऐसे में उनकी कोशिश रहेगी कि विभिन्न माध्यमों से दोनों क्षेत्रों को जोड़कर एकरूपता लाने का प्रयास किया जाए इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई कि प्रदेश हित से जुड़े कार्यो के लिए नवनियुक्त राज्यपाल भरपूर सहयोग मिलेगा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए नवाचार और नई तकनीकों की जरूरत पर बल दिया है मथुरा में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पशुपालन और इससे संबंधित व्यापार की किसानों की आमदनी बढ़ाने में अहम भूमिका रहती है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्ष में सरकार ने खेती से जुड़े अन्य विकल्पों पर एक नया दृष्टिकोण अपनाया है

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूआत की इसका उद्देश्य पशुओं में ख्रपका मुंहपका और ब्रूसेलोसिस रोगों का उन्मूलन करना है कार्यक्रम के तहत पचास करोड़ से ज्यादा पशुओं को टीके लगाए जाएंगे इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरूआत भी की स्वच्छता इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी आज से स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरूआत की गई है

सोलन जिले में कण्डाघाट के घराट क्षेत्र में हुए कार्यक्रम में खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरूषोतम गुलेरिया ने स्वच्छता पखवाड़े में सभी से योगदान देने का आहवान किया

केलंग में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के शुभारम्भ पर उपमण्डल अधिकारी कृष्ण चंद ने सभी से अभियान को सफल बनाने में सहयोग का आहवान किया

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने धर्मशाला में एक बैठक में बताया कि सरकार गरीबों व वंचितों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है

भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने स्वामी विवेकानंद के वैश्विक भाईचारे व शांति के संदेश को वर्तमान समय में अधिक महत्वपूर्ण बताया है शिमला में आज एक समारोह में उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं व ज्ञान को आत्मसात कर आगे बढ़ना चाहिए सुरेश भारद्वाज ने इस अवसर पर हुई भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया मुख्यमंत्री राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए मनाली में आज मिनी कॉन्क्लेव का आयोजन किया

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार उद्योग मंत्री विक्रम ठाक्र और वनमंत्री गोविंद ठाकुर भी सम्मेलन में मौजूद रहे धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्र्मल ने वर्तमान राज्य सरकार को विकास व जनहित को समर्पित सरकार बताया है ऊना में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार एक नए संकल्प के साथ प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य कर रही है और इसमें केन्द्र सरकार की भी भरपूर मदद मिल रही है धूमल ने कहा कि राज्य सरकार रोजगार के साधन व निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से इन्वेस्टर मीट का आयोजन कर रही है जो सराहनीय प्रयास है

सदस्यों के साथ चर्चा में राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश विधानसभा देश की पहली उच्च तकनीक युक्त पैपरलैस विधानसभा है

मण्डी जिले में धर्मपुर के चोलथरा में आज तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिता के शुभारम्भ पर उन्होंने विद्यार्थियों से खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आहवान किया उन्होंने कहा कि खेलों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है